देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर में निरन्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है

गुरू पूर्णिमा का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया

कोरोना महामारी के चलते आगरा में ताजमहल को फिलहाल पर्यटकों के लिए नहीं खोलने का निर्णय मिशन वृक्षारोपण के तहत कल प्रदेश भर में पच्चीस करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के क्करेल वन में पौधे रोपकर मिशन वक्षारोपण की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधे रोपने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने इस अभियान को जन भागीदारी से सकारात्मक परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया प्रदेश भर में विभिन्न जनपदों में कल बड़े स्तर पर पौधरोपण का अभियान चलाया गया बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने पौधे लगाकर वक्षारोपण अभियान की शुरुआत की मेरठ में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पौधे लगाकर अभियान का श्भारंभ किया मुरादाबाद में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और कांठ विधायक राकेश कुमार सिंह चुन्नू ने पौधरोपण किया कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और महापौर प्रमिला पाण्डेय ने पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया चित्रकूट में राज्य मंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय और बांदा से सांसद आरके सिंह पटेल ने अमरूद बेल जैसे फलदार वृक्षों के पौधे रोपे सम्भल जिले की गुन्नौर तहसील के गांव रसूलपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने पौधरोपण किया बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी विधायक दयाराम चौधरी अजय सिंह और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पौधरोपण किया जिले में सत्ताईस लाख इक्कीस हजार पांच सौ पौधे लगाए गए गोरखपुर में नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने चिड़ियाघर प्रांगण में पौधे लगाकर वक्षारोपण अभियान की श्रूआत की वाराणसी में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार और जिलाधिकारी ने काशी विद्यापीठ विकास खंड के टिकरी गांव में नवनिर्मित तालाबों के किनारे पौधे रोपे मऊ जिले में घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय राजभर ने पौधे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया जौनप्र जिले में इकतालीस लाख सत्ताइस हजार बानबे पौधे लगाए गए पीलीभीत जनपद में चौबीस लाख पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और डीआईजी एसएसबी ने नौगवा तथा जिलाधिकारी आवास के पास खाली भूमि पर पौधे लगाए बलिया जनपद में कल इकत्तीस लाख से अधिक पौधे लगाए गए केन्द्र सरकार ने कल कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से देश में कोविड नाइन्टीन के चार लाख नौ हजार रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान चौदह हजार आठ सौ छप्पन रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले रोगी एक लाख चौंसठ हजार से भी अधिक हैं स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग इकसठ प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने कहा कि दो लाख चौवालीस हजार से अधिक कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक है

ये शायद दुनिया के अन्दर सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से अभी इस रिकवरी रेट के आसपास केवल जो है रशिया है बाकी सब दुनिया के सब विकसित देश हमारे रिकवरी रेट से पीछे हैं दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट फैटेलिटी रेट भी हमारा जो मृत्यू दर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है

बाकी जो हैं उसमें से अधिकांश लोग भी रिकेवरी पर हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोरोना के उपर निर्णायक विजय है वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे प्रदेश में कोरोना के आठ हजार एक सौ इकसठ मामले सक्रिय हैं अब तक अट्ठारह हजार सात सौ इकसठ मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है एक दिन पूर्व अब तक के सर्वाधिक उन्तीस हजार एक सौ सत्रह नमूनों की जांच की गई गुरू पूर्णिमा का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया गया मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने गुरू ब्रहमलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर माथा टेका कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष मंदिर परिसर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित रहे वाराणसी के मठों और आश्रमों में भी इस बार भीड़ नहीं जुटी गड़वा घाट आश्रम रवींद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम स्थल और पड़ाव स्थित सर्वेश्वरी समूह आश्रम के मुख्य द्वार बंद रहे बलरामपुर जिले में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्वा और आस्था के साथ मनाया गया लोगों ने घरों में रहकर गुरु पूजन किया जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए गुरु पूजन किया गया मथुरा में मुड़िया शोभा यात्रा गोवर्धन धाम में निकाली गयी कई स्थानों पर गुरूओं ने डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन प्रसारण कर प्रवचन सत्र और सत्संग किया भक्तों ने मोबाइल और लैपटॉप पर अपने गुरू का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया केन्द्र सरकार ने कहा कि इस वर्ष ग्यारह अप्रैल से नौ राज्यों के ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया इन राज्यों में उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश पंजाब गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हरियाणा और बिहार शामिल हैं कृषि मंत्रालय ने बताया कि टिड्डी दल के प्रकोप से उत्तर प्रदेश गुजरात मध्यप्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बिहार और हरियाणा में फसलों को अधिक नुकसान नहीं हुआ है जबकि राजस्थान के कुछ जिलों में फसलों को मामूली नुकसान पहुंचा है मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के झाँसी और महोबा जिले में टिड्डी दल सक्रिय है भारत पहला देश है जहां टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बीच हमारी जालौन प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर कल दोपहर लाखों की संख्या में टिड़ियों का झुण्ड देखा गया किसानों ने थाली तसला बजा शोर गुल कर टिड़ियों को भगाने का प्रयास किया कृषि विभाग टिड़िडयों को खत्म करने के लिए अभियान चला रहा है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है सीबीएसई से संबंद्व स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस वर्ष अगस्त से नवम्बर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा

प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों तथा शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी इस कार्यक्रम में दस हजार शिक्षक और दस हजार छात्र शामिल होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं जो आगामी बीस तारीख तक चलेंगे सफल प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की इस पहल की सराहना की है आगरा में ताजमहल को फिलहाल पर्यटकों के लिए नहीं खोला जाएगा जिलाधिकारी प्रभ् एन सिंह की भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ कल ह्यी बैठक में निर्णय लिया गया कि बफर जोन में होने के कारण ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को अभी बन्द रखा जाएगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ताजमहल सहित देश के संरक्षित स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोलने के निर्देश दिए थे कानपुर जिले में पिछले सप्ताह अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ मामले में पुलिस ने इक्कीस लोगों को संदिग्ध मानते हुए पहचान की है आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि इनमें से दो अपराधियों की मुठभेड़ में मौत हो चुकी है एक अन्य आरोपी को कल पूलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के सम्बंध में चौबेपूर पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है साथ ही आसपास के थानों की पुलिस जिनको इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी उनकी भी जांच की जा रही है श्री मोहित अग्रवाल ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर सभी को हत्या का दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू में बीते ब्रहस्पतिवार की रात अपराधियों के साथ मुठभेड़ में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर के बखरवा गांव में मोमबत्ती के कारखाने में कल आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है